केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने लोगो से मानसून के पानी को सहेजने की अपील की आकाशवाणी के जरिये श्रोताओं से हुये रूबरू

प्रदेश में आज भी मानसून की बारिश का रहा इंतजार मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में सक्रियता की जताई उम्मीद

एसओजी ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर इस मामले में केस दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर क्छ मीडिया संस्थानों में मामले को अलग ढंग से प्रस्तुत करने पर नाराजगी जताई है दूसरी ओर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश प्रनिया ने पलटवार करते हये इस प्रकरण को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का आपसी मतभेद बताया है

एक ट्वीट मे श्री सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी तभी जागेगी जब पार्टी का बहुत नुकसान हो चुका होगा उन्होने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष की खबरें आ रही हैं

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंघान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरैपी स्टीरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है मंत्रालय ने मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश की है

एम्स के पल्मोनरी मेडिसन विभाग के अध्यक्ष डॉ अनंत मोहन और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ जेसिन्टा गुंजियाल ने सुरक्षित दूरी का पालन करने की आदत डालने की अपील भी की है

सरकार ने एक महीने के भीतर दूसरी बार इस तरह का फैसला लिया है

इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है

न्यायालय की जोधपुर पीठ के कृछ कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद एतिहातन यह निर्णय लिया गया

इस बीच अमिताभ बच्चन की पुत्र वध ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या में भी कोरोना संकमण की पुष्टि हुई है हालांकि अमिताभ बच्चन की पत्नी और जानीमानी अभिनेत्री जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की

ठेकेदारों को राहत देते हुए यह घोषणा की गई कि रेलवे सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी केन्द्रीय एजेंसियां कार्य को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा बढायेंगी

मंत्रालय ने इस बारे में राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केन्द्र राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है मंत्रालय ने बताया है कि वाहन पोर्टल को नेशनल इलैक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से जोडने का काम पुरा हो गया है फास्टैग से यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी वाहन फास्टैग भुगतान के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करें और नकद भुगतान से बचें फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर कोविड फैलने की संभावनाओं को कम करने में भी प्रभावी होगा

आज आकाशवाणी जोधपुर के फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं से बात करते हये उन्होने कहा कि घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में रोकने के साथ ही पानी के प्र्नउपयोग की दिशा में भी हमें पहल करनी होगी

सरहदी जिलों श्रीगंगानगर और बीकानेर में टिड़डी दल देखे जाने पर टिड़डी नियंत्रण दलों द्वारा तत्परता के साथ दवा का छिड़काव किया गया

श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र में टिड़डियों से प्रभावित नरमे की फसल को बचाने के लिये कृषि विभाग सतर्कता बरत रहा है इधर बुंदी जिले में टिडडियों के दल फसलों के साथ ही जंगलों में खडी वनस्पति को भी नष्ट करते देखे गये

कोरोना संकमण को देखते हुये स्थापना दिवस को सादगी के साथ और सोशल डिस्टेटिंग अपनाकर मनाया गया इस मौके पर हनुमानगढ फिट है तो हिट है थीम पर साईकिल रैली निकाली गई

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

देश में कोराना काल के बीच गरीब परिवारों के लिये केन्द्र सरकार की कई योजनायें उनके जीवन को नई दिशा दे रही हैं ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना है

कोराना संकट की इस घड़ी में केन्द्र सरकार ने योजना के तहत ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी है पात्र परिवार सितम्बर महीने तक योजना का तीसरा सिलेण्डर भी निशुल्क ले सकेंगे बीकानेर में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को सम्बल मिलने से उनके चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान झलक रही है

राज्य में मानसुन ने इस बार समय पूर्व दस्तक दी थी लेकिन अभी तक ये अपनी रंगत में नहीं आ सका है मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान में क्छ स्थानों पर बारिश हई

इस बीच आज हाड़ौती में कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार हैं

इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें